उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली राजमार्ग परियोजना को दी मंजूरी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की कल पहली पुण्य पर तिथि पर उन्हें याद कर प्रदेश भर में दी गई श्रद्वाजलि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और भूटान की मैत्री बहुत खास किस्म की है और अपने पड़ोसियों को तरजीह देने की भारत सरकार की नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है भूटान की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस यात्रा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने भरोसेमंद दोस्त और पढ़ोसी भूटान से संबंधों को कितना महत्व देती है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से भूटान के साथ वक्त की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती को और बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के लोगों की ख्राहाली बढ़ेगी प्रधानमंत्री दो दिन की भूटान यात्रा पर आज सुबह रवाना होंगे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्व पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा श्री जावड़ेकर ने ये घोषणा ब्राजील के साओ पावलो में की इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए जूट तथा कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने को कहा था प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे मृक्ति के लिये हमने ही अभियान छेड़ना होगा लेकिन साथ साथ हमने आलर्टनेट व्यक्स्थाएं भी देनी पड़ेगी मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं एक बोर्ड यह भी लगा दीजिये कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी की जनसंख्या पर काबू पाने धन सुजन करने वालों का सम्मान करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की घोषणओं का स्वागत किया है उन्होंने आशा व्यक्त की कि वित्तमंत्री और कर अधिकारी प्रधानमंत्री की इस सलाह पर ध्यान देंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और जूट तथा कपड़े की थैलियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की अपील की थी ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके कई राज्य इस तरह की प्लास्टिक सामग्री पर पहले ही रोक लगा चुके हैं क्योंकि इससे धरती को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचता है शिवसेना ने भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए छोटे परिवार की प्रधानमंत्री की सलाह का स्वागत किया है पार्टी सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा है कि मोदी सरकार शिवसेना की नीतियों को आगे बढ़ा रही है और यह राष्ट्र हित में है प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे कई मुश्किलें पैदा होंगी उन्होंने कहा कि परिवार को छोटा रखना देशमक्ति का काम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की परमाणु नीति आज तक यही रही है कि परमाणु अस्त्र का उपयोग वो पहले नहीं करेगा पोखरण में कल उन्होंने कहा कि भारत अपने इस सिद्धांत पर दुढ़ता से टिका हुआ है उन्होंने कहा कि भारत का एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र का दर्जा हासिल करना प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व की बात है राष्ट्र इस बात के लिए हमेशा प्रधानमंत्री अटल जी की महानता का ऋण रहेगा रक्षा मंत्री ने कहा कि वे पोखरण की भूमि पर अटल जी को श्रद्वांजलि अर्पित करने आए हैं पोखरण में अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किये गये थे उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चार धामों को नौ सौ किलोमीटर लंबी सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ने की चार धाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है न्यायालय ने इस परियोजना के सिलसिले में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विचार के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से बाईस अगस्त तक एक उच्चाधिकार समिति गठित करने को भी कहा है श्रीर्ष न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले के फैसले को संशोधित करते हुए नई उच्चाधिकार समिति गठित करने को कहा है न्यायालय ने समिति से अपनी सिफारिशें चार महीने के भीतर देने को कहा है समिति चार धाम परियोजना के समूचे हिमालय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी विचार करेगी देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की कल पहली पुण्य पर उन्हें श्रद्वाजलि दी गयी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे दो हजार पन्द्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि स्वर्गीय वाजपेई के विचार और उनके शब्द हमारे दिलों में हमेशा जिन्दा रहेंगे राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा रक्षामंत्री और स्वर्गीय वाजपेई की कर्मस्थली लखनऊ का वर्तमान में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय वाजपेई को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने मूल्य आधारित राजनीति और सुशासन को बढ़ावा दिया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नयी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अटल बिहारी आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया उन्होंने मेडिकल छात्रों से अपील की कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का अनुसरण करें और राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य करें इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया श्री योगी ने स्वर्गीय वाजपेई को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी ईमानदारी और प्रतिबद्वता की प्रतिमूर्ति थे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेई के सिद्वान्त और काम लोगों के लिये अनुकरणीय हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय वाजपेई के नाम पर कई परियोजनाएं शुरू की हैं

दूसरा प्रदेश के अन्दर मेडिकल एजुकेशन के लिये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हम लखनऊ में करने जा रहे है और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है बजट का प्रावधान भी हमने अपने बजट में पिछले सत्र में किया है

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की पहली पुण्य तिथि पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर श्रद्वाजंलि सभा कवि सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया महोबा में ऐतिहासिक कजली मेला शुरू हो गया है इसका विधिवत शुभारम्भ कल स्थानीय विधायक राकेश गोस्वामी ने किया इस अवसर पर जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे कजली मेला बुन्देलखंड के लोक जीवन में संगीत संस्कृति और साम्प्रदायिक तालमेल का जीवन्त उदाहरण है यह मेला आल्हा और ऊदल के पराक्रम त्याग और बलिदान की याद ताज़ा कराता है इस ऐतिहासिक मेले की शुरूआत आठ सौ अड़तीस साल पहले महोबा के चन्देल राजा परमाल के शासनकाल में हई थी मेले में आसपास के ज़िलों के अलावा सीमावर्ती मध्य प्रदेश के दूर दराज़ गांवों से भी लोग आल्हा ऊदल की भव्य झांकियों को देखने के लिये बड़ी तादाद में आते हैं